केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने किया लोकार्पण

हर्षवर्घन भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में माइकोलॉजी एडवांस्ड रिसोर्स सेंटर का उदघाटन किया और द स्किल लैब एंड कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर सहित कई अन्य सुविधाओं को केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्र को समर्पित किया केन्द्रीय मंत्री ने इस अवसर पर प्रशासनिक भवन की आधारशिला रखी और एक सभागार का लोकार्पण किया इस अवसर पर डाक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि चिकित्सक समुदाय के कारण देश कोरोना महामारी के खिलाफ सफल संघर्ष करने में कामयाब हुआ है और देश में स्वस्थ होने की दर दुनिया में सर्वाधिक है उन्होंने माइकोलॉजी एडवांस्ड रिसोर्स सेंटर का उदघाटन किया और द स्किल लैब एंड कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर राष्ट्र को समर्पित भी किया उन्होंने कहा कि एम्स का पूरे देश में एक तंत्र स्थापित करके सभी नागरिको को बेहतर स्वास्थ्य सेवाए उपलब्ध कराई जा रही हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को पूरा किया जा रहा है

श्री नकवी ने कार्यक्र म में कहा कि हनर हाट दस्तकारों शिल्पकारों की स्वदेशी विरासत को मौका और मार्केट उपलब्ध कराने का प्रभावी प्लेटफार्म है केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि हनर हाट में भाग ले रहे शिल्पकारों के उत्पाद ई पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं हनर हाट का आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किया है

इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हनर हाट का औपचारिक रूप से उदघाटन किया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिना कारीगरों दस्तकारों व हुनरमंदों के लोकल से वोकल नहीं बना जा सकता

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने आज बताया कि परीक्षा संबंधी विस्तृत जानकारी शीघ्र उपलब्ध होगी

इसके लिए इंदौर के मूसाखेड़ी में कंट्रोल रूम बनाया गया है

जिससे घटना स्थल पर ही बाइक सवार की मौत हो गई

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार